प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए देशवासियों के सामूहिक प्रयास का आहवान किया है

घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर नौ मिनट के लिए मोमबत्ती दीया ट्रॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे चारों तरफ जब हर व्य क्ति एक एक दीया जलाएगा तब प्रकाश की उस महाशक्ति का अहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं ये उजागर होगा आज सवेरे एक वीडियों संदेंश में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अपने घर में रहें और दिया जलाते समय समूह में एकत्र न हों इस आयोजन के समय किसी को भी कही पर भी इकट्ठा नहीं होना है रास्तों में गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना हैं अपने घर के दरवाजे बालकनी से ही इसे करना है सोशल डिस्टेसिंग सोशल डिस्टेसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए मौजूदा देशव्यापी पूर्णबंदी में लोगों ने अभूतपूर्व अनुशासन और सेवा की भावना का परिचय दिया है कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लडाई को वो अकोले कैसे लड़ पाएंगे ये प्रश्नी भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेगे साथियों ये लॉकडाउन का समय जरूर है हम अपने अपने घरों में जरूर हैं

इनमें भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली बीसीसी आई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर सहित चालीस प्रमुख खिलाडियों ने भाग लिया खेल मंत्री किरेन रिजीजू ने भी वीडियो कॉल के जरिए इस कांफ्रेंस में भाग लिया हमारे संवाददाता ने खबरों के हवाले से बताया है कि ओलंपिक में रजत पदक विजेता शटलर पीवी सिंधु भाला फेंकने वाले खिलाडी नोरज चोपडा शतरंज खिलाडी विश्वनाथ आनंद धाविका हिमादास मुक्केबाजी में उत्कृष्ट योगदान करने वाली एमसी मैरीकॉम और अमित पंघाल क्श्ती खिलाडी विनेश फोगट और युवा निशानेबाज मनु भाकर ने इस वीडियो कॉल सम्मेलन म प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनधन योजना से जूड़ी प्रत्येंक महिला खाताधारक के लिए इस महीने पांच सौ रूपये की एक मुश्त राशि जारी की है ये राशि कल उनके खाते में जमा करा दी गई हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत प्रत्येक महिला को हर महीने पांच सौ रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी यह राशि तीन महीनों के लिए दी जानी है वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों को ऐसी व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं जिससे पैसों की निकासी के लिए बैंक शाखा और एटीएम आने वाले खाताधारकों के बीच सुरक्षित दूरी रखी जा सके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

राज्य सरकार लॉकडाउन के अन्तर्गत गरीबों और वंचितों को सहायता उपलब्ध करा रही है इससे पहले उन्होंने संनिर्माण कार्य और मनरेगा सहित अन्य कार्यो में लगे श्रमिकों और कामगारों के खातों में धनराशि स्थान्तरित की थी मूख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के रविवार रात नौ बजे लोगों से घर की बत्तियां बंद कर मोमबत्ती दिये और मोबाइल फ्लैश लाइट जलाने के आहवान का समर्थन करते हुए लोगों से इस कार्य में आगे आने को कहा है राज्य में तब्लीगी जमात के उन सदस्यों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने एमएमजी जिला अस्पताल गाजियाबाद में कल महिला नर्सिंग स्टाफ के साथ दुर्व्यहार किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जमात के सदस्यों के साथ कोई महिला पुलिसकर्मी और नर्सिंग स्टाफ न लगाया जाए

और विवरण हमारे संवाददाता से मुख्यमंत्री ने तबलीगी जमात के सदस्यों की हरकत को बेहद गंभीरता से लिया है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं वो इंसानियत के द्रश्मन है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई क्वारंटीन से भागता है तो जिले के डीएम और एसएसपी जिम्मेदार माने जायेगें इस बीच राज्य सरकार ने कोविड केयर फंड की स्थापना की है जिसमें कोई भी आर्थिक मदद करके कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य सरकार की मदद कर सकता है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ विश्व बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद के लिए भारत के लिए एक अरब अमरीकी डॉलर का आपात कोष मंजूर किया है

विश्व बैंक की सहायता राशि में सबसे बडा हिस्सा एक अरब अमरीकी डॉलर भारत को दिया गया है बैंक ने कहा है कि भारत इस धन का इस्तेमाल बेहतर जांच संपर्क का पता लगाने प्रयोगशाला नैदानिक प्रक्रियाओं को पूरा करन व्यक्तिगत संरक्षा उपकरणों की खरीद और नये आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए कर सकेगा अपर मुख्य सचिव सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग तथा गृह अवनीश अवस्थी ने आज लखनऊ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य में लॉकडाउन का भलीभांति पालन कराया जा रहा है उन्होंने बताया कि राज्य में विभिन्न स्थानों पर पांच हजार दो सौ अस्सी बैरियर लगाये गये हैं भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है

उन्होंने बताया कि दो सौ अड़तालीस बाल अपराधियों को भी छोड़ने की कार्रवाई की जा रही है

इनमें कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आयुष से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं को लॉकडाउन से छूट की सूची में रखा गया है